और बिहार में पनबिजली का हुआ रिकॉर्ड उत्पादन

प्रादेशिक समाचार इकाई को ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं रंगों का त्यौहार होली आज पूरे देश में उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है सुबह से ही सड़कों पर युवाओं की टोली एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाकर होली का उत्सव मना रही है पूरा प्रदेश होली के राग और फाग के खुमार में डूब गया है जिला मुख्यालय से लेकर गांवों के हाट बाजारों में रंग और गुलाल की दुकानें भी सजी हैं अलग अलग रंग लोगों को आकर्षित कर रहे हैं होली के मौके पर विशेष रूप से गाया जाने वाला फाग गीत हर तरफ बज रहा हैं उधर रात में लोगों ने होलिका दहन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को होली की बधाई दी है एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रंगों का यह त्यौहार जाड़े का अंत और बसंत की शुरूआत का प्रतीक है उन्होंने कहा कि होली अपने विभिन्न रंगों के साथ विविधता और बहु सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती है राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि यह त्योहार राष्ट्रीय मूल्यों में विश्वास और लोगों के बीच आपसी सद्भाव को बढ़ावा देगा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि होली का पर्व परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मिलने का अवसर और एकता भाईचारा तथा प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी होली की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि इस त्योहार से हमारी सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना वलवती होती है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होली का यह पवित्र त्योहार लोगों के जीवन में खुशियों का नया रंग लेकर आयेगा इसके अलावा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं होली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये है संवेदनशील जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को लेकर भी पुलिस सतर्क है प्रलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के प्रलिस अधीक्षकों को सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिये हैं पटना एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशनों और बस स्टेंडों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है इन जगहों पर गश्ती बढ़ा दी गयी है उधर प्रशासन ने राजनीतिक दलों से कहा है कि होली के मौके पर होने वाले किसी भी तरह के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा बिना अनुमति के आयोजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि राजधानी के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पूलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गयी है होली पर किसी भी आपात स्थिति ने निबटने के लिए अस्पतालों और फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया है इधर होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पटना और भागलपुर में पारा मिलिट्री फोर्स की कम्पनी को तैनात किया गया है होली के मद्देनजर शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है इस दौरान राज्य भर में कई स्थानों पर लाखों रूपये मूल्य की शराब जब्त की गयी है वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दौलतपुर के पास से पूलिस ने एक ट्रक से दस लाख रूपये से अधिक मूल्य की शराब जब्त की है इधर कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र स्थित बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ संचालक को गिरफ्तार किया है वहीं खगड़िया जिले में बेलदौर थाना क्षेत्र के इतमादी पंचायत के बारूण गांव में पुलिस ने एक घर से लगभग एक हजार बोतल शराब जब्त की है राष्ट्रपति भवन इस वर्ष कोरोना वायरस के मद्देनजर परम्परागत होली मिलन समारोह आयोजित नहीं करेगा श्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह कई केन्द्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना वायरस के कारण होली नहीं मनाने का फैसला किया है इधर राज्य के कई मंत्रियों ने भी कोरोना वायरस को देखते हुये होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भीडभाड़ वाले स्थानों से बचने की सलाह दी है इसलिए इस वर्ष उन्होंने किसी भी होली मिलन समारोह में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है केन्द्रीय मंत्रिमण्डल सचिव राजीव गॉबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों और उपायों की समीक्षा की उन्होंने प्रवेश मार्गों पर चौकसी रखने समुदाय के बीच निगरानी रखने प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को तैयार रखने पर जोर दिया श्री गॉबा ने राज्यों से कहा कि वे कोरोना वायरस से निपटने के साजो सामान वायरस से संदिग्ध रूप से ग्रस्त लोगों को अलग थलग रखने की सुविधाओं तथा सूचना प्रबंधन और जोखिम के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था करें इस बीच पंजाब में कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है देशभर में अभी तक चौवालीस लोगों में कोविड नाईनटीन की पुष्टि हुई है कोरोना वायरस को देखते हुये राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है जिला और मेडिकल कॉलेजों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर भी उपलब्ध कराया गया है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स किट्स एन नाईनटी फाइव मॉस्क इन्फ्रारेड थर्मामीटर सभी जिलों और मेडिकल कॉलेजों को उपलब्ध करा दिया गया है पटना और गया हवाई अड्डे पर यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है इन हवाई अड्डों पर आईसोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया है इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में ग्राम सभाओं को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जा रहा है वहीं राज्य के सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी की जा रही है बिहार में इस वर्ष फरवरी माह में पनबिजली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है फरवरी में प्रदेश की पनबिजली इकाईयों से साढ़े पांच लाख मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पादित की गयी बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने आशा जतायी है कि चालू वित्तीय वर्ष में पनबिजली उत्पादन के क्षेत्र में बिहार छह वर्षो के रिकॉर्ड को तोड़ देगा निगम के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि पनबिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास फलीभूत हुआ है उन्होंने कहा कि गैर परंपरागत माध्यमों से बिजली उत्पादन होने पर पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि देश भर में एक सौ पचानवे फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें गठित की गयी हैं सत्ताईस राज्यों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों की सहमति मिलने के बाद केन्द्र सरकार ने छह सौ उनचास फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें गठित करने के लिए वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में अपनी हिस्सेदारी के रूप में निन्यानवे करोड़ तैंतालीस लाख रुपये जारी किये उन्होंने बताया कि सरकार ने देशभर मे कुल एक हजार तेईस फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने की योजना तैयार की है प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अब नौ मई को होगा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बदली हुई तिथि के आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है इनमें लगभग सत्रह प्रकार के मामलों का बिना शुल्क के निपटारा किया जायेगा

और बिहार में पनबिजली का हुआ रिकॉर्ड उत्पादन